गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल पचासी रूपये की हुई वृद्धि

दोनों कंपनियों का पुनरूद्वार किया जायेगा

मतगणना की सभी तैयारियां पूरी

केन्द्र सरकार ने दो हजार बीस विपणन वर्ष के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि कर दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य पचासी रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर एक हजार नौ सौ पच्चीस रुपए कर दिया गया है इसी तरह चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में दो सौ पचपन रुपए जौ के समर्थन मूल्य में पचासी रुपए सरसों तेल के समर्थन मूल्य में दो सौ पचपन रुपए और सूरजमुखी के समर्थन मूल्य में दो सौ सत्तर रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है केन्द्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर संचार निगम लिमिटेड एमटीएनएल को वापस पटरी पर लाने की योजना को मंजूरी दे दी है सरकार ने कहा है कि दोनों कंपनियों को न तो बंद किया जाएगा और न ही इनका विनिवेश होगा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है उन्होंने कहा कि पुनरूद्वार योजना के तहत डेढ़ खरब रुपये के सॉवरेन बॉन्ड बेचे जाएंगे और तीन खरब अस्सी अरब रुपये की परिसंपत्तियों को बेचा जाएगा संचार मंत्री ने कहा कि कंपनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आकर्षक पैकेज दिए जाएंगे समस्तीपूर लोकसभा सीट के साथ ही नाथनगर बेलहर सिमरी बख्तियारपूर दरौंदा और किशनगंज विधानसभा सीट के लिये कल सुबह आठ बजे से मतगणना की जायेगी जानकारी के अनुसार पहले एक घंटे में रूझान आने लगेंगे और दोपहर तक सभी परिणाम आने की संभावना है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना के लिए सभी मतगणना केन्द्रों पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है इन सीटों पर उपचुनाव के तहत इक्कीस अक्टूबर को मतदान कराया गया था केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आज कहा कि बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये केन्द्र सरकार हरसंभव मदद देगी श्री अठावले ने दरभंगा में बूनकर समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर समाज के लोग व्यवसाय से संबंधित मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की ग्यारहवीं विशेष बैठक आज पटना में आयोजित की गयी इसमें बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नक्सल समस्या से निपटने में सहयोग के अलावा बिहार की ओर से शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू करने में पड़ोसी राज्यों से सहयोग की मांग की गयी वहीं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से जुड़े मामलों के अलावा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की गयी बताया जाता है कि बिहार के अधिकारियों ने झारखंड के साथ पेंशन और वेतन से जुड़े लंबित मुद्दों को भी उठाया उप मुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी ने कहा है कि कैमूर के मुण्डेश्वरी धाम करकटगढ़ और रोहतास के दुर्गावती जलाशय स्थल को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा श्री मोदी ने आज इन तीनों स्थानों का स्थल निरीक्षण किया और यहां इको ट्रिज्म की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने बताया कि मुण्डेश्वरी धाम में मंदिर के नीचे पांच हेक्टेयर में इको ट्ररिज्म पार्क विकसित किया जायेगा जहां तीन झरने और नौका बिहार के लिए तालाब पार्किंग स्थल तथा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के पार्क बनाए जायेंगे करकटगढ़ में जलप्रपात को देखने के लिए ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर सत्तर मीटर लम्बा हैंगिंग ब्रिज बनाया जायेगा साथ ही दुर्गावती जलाशय के जलभरित क्षेत्र में नौका विहार की सुविधा रॉक क्लाइमबिंग के अलावा शेरगढ़ किला तक जाने के लिए ट्रैक और वनक्षेत्र के अंदर से प्रसिद्ध गुप्ताधाम जाने के लिए तीस किमी सड़क को विकसित किया जायेगा पटना के व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिये लाये गये तीन कैदी पूलिस को चकमा देकर फरार हो गये ये सभी चोरी के आरोप में फुलवारीशरीफ जेल में बंद थे इन तीनों को आज सिविल कोर्ट में पेशी के लिये लाया गया था इसी दौरान हथकड़ी सरकाकर फरार हो गये वहीं पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से पुलिस ने फरार कुख्यात अपराधी शशि यादव को गिरफ्तार कर लिया हत्या और लूट के कई मामलों के साथ ही पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में भी पुलिस को शशि यादव की तलाश थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की सताईस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह अट्ठावनवां संस्करण है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दो हजार उन्नीस का वितरण किया इसके तहत विभिन्न श्रेणियों में दो सौ छियालीस प्रस्कार प्रदान किये गये राज्य के जहानाबाद जिले के मखद्मप्रर प्रखंड की आदर्श पंचायत धरना को इस अवसर पर अलग अलग श्रेणियों में तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इसके अलावा सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया रितु जायसवाल को भी अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये पंडित दीनदयालय उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जल जमाव से प्रभावित राज्य के कई जिलों से चिकुनगुनिया के मामले भी सामने आये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य के सभी अस्पतालों में दोनों बीमारियों के इलाज के लिये उचित प्रबंध किये गये हैं उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में मच्छरों का प्रकोप रोकने के लिये युद्धस्तर पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है पटना के अलावा वैशाली गया भोजपुर नालंदा रोहतास समस्तीपुर सीतामढ़ी और बक्सर में डेंगू का ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी स्थित केन्द्रीय कारा में छापेमारी के दौरान प्रशासन ने दो कैदियों के पास से दो मोबाईल फोन जब्त किया है साथ ही जेल परिसर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है इधर जेल उपाधीक्षक ने दोनों कैदियों के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज करायी है समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में इस माह बाल कल्याण समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी सासाराम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति के साथ किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के रिक्त पद भी जल्द भरे जायेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के अस्सीवें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना स्थित पार्टी कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भाकपा के महासचिव डी राजा ने कहा कि पार्टी अपने सिद्धांतों को लेकर अटल है और राज्य तथा केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर आंदोलन जारी रखेगी कटिहार जिले के पोठिया ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग इकतीस पर ड्मर के पास एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कोचिंग संस्थान में छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर छात्रों ने हंगामा और तोड़फोड़ किया इस दौरान झड़प में अठारह छात्र घायल हो गये पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया

शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के मेहुष गांव में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में तीन हजार से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा दी गयी खगड़िया जिले में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल पचासी रूपये की हुई वृद्धि

दोनों कंपनियों का पुनरूद्वार किया जायेगा

मतगणना की सभी तैयारियां पूरी